लोकसभा चुनाव नामांकन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित सात सीटों में होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी की गई इसी के साथ ही इन क्षेत्रों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नामांकन भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है वहीं पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे तीसरे चरण के तहत रायपुर दुर्ग बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा में तेईस अप्रैल को मतदान होगा वहीं पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा सीट में होने वाले चुनाव के लिए नाम वापस लेने के आखिरी दिन आज एक भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया इस सीट से सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अय्याज तंबोली ने इन सभी सात प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया है इस सीट से कांग्रेस के दीपक बैज भाजपा से बैद्राम कश्यप और बहजन समाज पार्टी से आयत्राम राम मंडावी प्रमुख रूप से चुनाव मैदान में हैं पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत तीन लोकसभा क्षेत्रों कांकेर राजनादगांव और महासमुद के लिए कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन है इन तीन लोकसभा क्षेत्रों में अट्ठारह अप्रैल को मतदान होगा सभी चरणों के मतदान के बाद तेईस मई को वोटों की गिनती की जाएगी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कल दुर्ग के भिलाई चरोदा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

दुर्ग के विभिन्न महाविद्यालयों में भी चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया वहीं महासमुंद जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें विभाग के पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को निर्वाचक साक्षरता क्लब की गतिविधियों से अवगत कराया गया साथ ही उन्हें कहा गया कि वे घर घर जाकर अन्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें बलौदाबाजार जिले के सिमगा में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक नीतू कमल ने ईव्हीएम मशीन का प्रदर्शन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया

इसी कड़ी में रायपुर जिले के अभनपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा रैली निकाली गई इस दौरान नाटक और संगोष्ठी के जरिये लोगों से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की गई

रायपुर में ही महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल ब्यूटी कैम्प का आयोजन किया गया इस शिविर में महिलाओं ने हाथों में मेहंदी से मोर रायपुर वोट रायपुर का स्लोगन लिखकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया वहीं कल रायपुर में युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कुकिंग सलाद और केक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

इसके लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉट सुविधा डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन में अड़तालीस घंटे पहले आवेदन करना होगा इसमें वाहन हेलीकॉप्टर सभा रैली लाऊड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र जुलूस बैरीकेड कार्यालय खोलने इत्यादि जैसी अन्य अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शामिल है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजु एस ने कल रायपुर में आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रसार प्रसार की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को वेबसाइट में अपना मोबाइल नंबर डालकर पहले अपना प्रोफाईल बनाकर लॉगिन करना होगा इसके बाद उसी प्रोफाईल से अनुमतियों के लिए आवेदन किया जा सकता है

भाजपा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनावी सभाएं ले रहे हैं इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के श्यामपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया और पार्टी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा वहीं बीजापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया सम्मेलन में भाजपा के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की गतिविधियों से अवगत कराया ठग गिरफ्तार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्रामीण महिलाओं से ठगी के मामले में जांजगीर पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है पामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेउभांटा गांव की एक महिला ठगी का शिकार हुई थी जब उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिरों की मदद से आरोपियों को हिरासत में ले लिया पूछताछ के दौरान गिरोह के एक सदस्य ने बताया कि अपने साथियो को लेकर वह लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का आश्वासन देता था और बदले में उनसे रूपये पैसे ले लिया करता था इस गिरोह के सदस्यों ने पिछले क्छ दिनों में कोरबा और जांजगीर चांपा जिले के अलग अलग स्थानों पर दस से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था पुलिस ने आरोपियो के पास से करीब साढ़े पांच तोला सोना ढाई किलो चांदी और दो बाइक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता प्रदेश के सभी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता को परखने के लिए जल्द ही स्कूल शिक्षा विभाग एक अनूठा प्रयोग करने जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि पढ़ाई की गुणवत्ता जांचने के लिए अब स्कूलों में राज्य स्तरीय आंकलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम के जरिये शिक्षकों और बच्चों का परीक्षण किया जाएगा इसके आधार पर पढ़ाई के स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संचालकों को और बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं

आंकलन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक ही तिथि को आयोजित किया जाएगा विश्व रंगमंच दिवस विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के सात वरिष्ठ रंगकर्मियों को सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसायटी की ओर से रायपुर में आयोजित समारोह में पिछले चालीस से पचास वर्षो के दौरान रंगमंच में सक्रिय रहने वाले मिर्जा मसूद राजकमल नायक जलील रिजवी मिनहाज असद अरूण काठोटे अख्तर अली और सुयोग पाठक को शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर अख्तर अली द्वारा निर्देशित और राजीसेठ की कहानी पर आधारित नाटक जितने लब उतने अफसाने का मंचन भी किया गया समिति के संयोजक सुभाष मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर सोलह प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई भिलाई लोक कला महोत्सव भिलाई में बयालीसवें छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का लोक रंगी आयोजन कल से किया जाएगा इकतीस मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदेशभर के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे इस महोत्सव का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जा रहा है गौरतलब है कि इस महोत्सव की शुरूआत इकतालीस वर्ष पहले हुई थी